केन्द्रीय दल ने सूखा प्रभावित झालावाड़ और बाड़मेर का दौरा कर हालात का जायजा लिया प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अत्यधिक घना कोहरा छाये रहने से जनजीवन प्रभावित रहा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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

फ्रांस के रफाल विमान भी भारतीय रफाल के साथ तालमेल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे यह अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा भारत और फ्रांस रक्षा सहयोग के तहत भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के छह अभ्यास हो चुके हैं यह अभ्यास इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से रफाल विमान हिस्सा ले रहे हैं और यह दोनों वायुसेनाओं के बीच बढते सम्पर्क का प्रतीक है

विभिन्न स्थानों से हमारे संवाददाताओं ने इस बारे में समाचार भेजें है

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हैल्थ वर्कर्स की संख्या अधिक होने के कारण वहां अतिरिक्त सैशन साइट शुरू की गई

वहीं प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किये गये श्रीगंगानगर में रंगोली और पेटिंग के माध्यम से लोगों के टीके के प्रति जागरूक किया गया

सवाईमाघोपुर में कई जगह मास्क बांटे गये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

दल ने जिले के भिलवादी गरणावद गांवों में जाकर सतही आंकलन किया और गांव के किसानों और लोगों से मुलाकात की और गत वर्ष फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली इसी तरह अन्य दल ने आज बाड़मेर का दौरा किया वहां से ये दल जैसलमेर पहुंचकर कल सीमावर्ती क्षेत्र में नुकसान का जायजा लेगा

इस बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतें सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की आज पहली बैठक हुई शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति नये कृष कानूनों पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और सभी पक्षकारों के विचार जानेगी

बैठक में राज्य विधानसभा के बजट सत्र की तारीख सहित अन्य विषयों पर मंथन होने की उम्मीद है विधानसभा का बजट सत्र अगले माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है बैठक में इसके अलावा राज्य की नई आयुष नीति वन निगम की स्थापना स्वच्छ भारत मिशन के लिये सोसायटी का गठन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की संभावना है

कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे

इस बीच विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से चुनावों की तैयारियां की जा रही है ब्रंदी में आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली सजायी गयी

एवियन एन्फ्लूएंजा वायरस के संकमण के चलते पशुपालन तथा वन विभाग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं वन विभाग के प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षक एमएल मीणा ने बताया कि किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है

हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि ये मजदूर कुशलगढ़ उपखंड के विभिन्न गांवों के थे हादसे में एक परिवार के तो पांच लोगों की मृत्यु हुई है पूर्व संसदीय सचिव भमा डामोर सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मृतकों के घर जाकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आज अजमेर और ब्यावर में बस हादसे में मृतकों के घर जाकर दो दो लाख रूपये की सहायता राशि के चैक परिजनों को सौपे उन्होंने परिजनों को ढांढस भी बंधाया उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार के लिए संबंधित चिकित्सालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है गौरतलब है कि हादसे में अजमेर और ब्यावर के छह लोगों की मौत हो गई थी

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो लंबे समय से ऑडिट नहीं करवा रही हैं

इस अवसर पर सवाई माधोपुर उत्सव आयोजित किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं

आज राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बहुत अधिक घना कोहरा छाया रहा जालौर से हमार से हमारे संवाददाता ने बताया कि घने कोहरे और सर्द हवाओ के कारण आज बाजार सुनसान रहे पश् पक्षी भी तेज सर्दी से प्रभावित है

वहीं जयपुर और भरतपुर संभाग में भी आज कहीं कहीं कोहरे का असर देखा गया इस बीच प्रदेश में न्यूनतम तापमान में थोड़ों बढ़ोतरी हुई है